श्री मोदी ने राज्यसभा के दो सौ पचासवें सत्र के अवसर पर भारतीय शासन व्यवस्था की भूमिका और भविष्य की दिशा पर विशेष चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि जिन व्यक्तियों ने संविधान की रचना की थी उन्होंने द्विसदनीय विधान की कल्पना की थी और इसी दृष्टी में भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की श्री मोदी ने कहा कि राज्यसभा उन लोगों को अवसर प्रदान करती है जिन्होंने चुनावी राजनीति से अलग रहते हुए भी राष्ट्र के विकास में योगदान किया उन्होंने कहा कि राज्यसभा के मंच से ही डॉक्टर बी आर अंबेडकर जैसे महान व्यक्तियों ने राष्ट्र की प्रगति में ज्यादा से ज्यादा योगदान दिया श्री मोदी ने कहा कि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को एक कल्याणकारी राज्य और राज्यों के कल्याण के लिए प्रेरित करता है

उन्होंने यह भी कहा है कि मई उन्नीस सौ बावन से लेकर अबतक राज्यसभा ने सड़सठ वर्षों का सफर तय किया है

मुद्दे की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने सभी हितधारकों के साथ आगे विचार विमर्श कर नतीजे को केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपने का निर्णय लिया राज्य विधान सभा स्थित दोरजी खाण्डू ऑडिटोरियाम में आगामी बीस नवंबर को इस मुद्दे पर सभी हितधारकों के साथ अंतिम परामर्श बैठक बुलाई जाएगी

कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन ने पावर प्वांइंट के जरिए भारतीय संवीधान और मतदाता अधिनियम का हवाला देते हुए चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओ की भागीदारी की जरुरत पर प्रकाश डालने के अलावा देश में जनतंत्र को बचाए रखने के लिए नागरिकों के अधिकार और जिम्मेदारी पर भी चर्चा की जिले के सरकारी अधिकारियों राजनीतिक पार्टीयों के प्रतिनिधियों गैर सरकारी संगठनों सामुदायिक संगठन महिला एक्टिविस्ट और मीडिया कर्मी कार्यक्रम में शरीक हुए

केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए एक ट्वीट संदेश में कहा कि हिंदी को ओलंपिक की अधिकारिक भाषा बनाने के निर्णय से भारत के लोगों को लाभ होगा उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से लोग अब भारत की ओलंपिक यात्रा और अपने चेहते खिलाड़ियों के बारे में हिंदी में भी जान सकेंगे

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में कल एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी

उन्होंने बताया कि इस वर्ष ईकतीस अक्टूबर को कुल दौ सौ तिहत्तर सामुदायिक रेडियों स्टेशनों काम कर रहे थे श्री जावड़ेकर ने बताया कि नीति निर्देशों के अनुसार अनुमति प्राप्तकर्ता को अनुमति मिलने के तीन महीने के अंदर रेडियो स्टेशन स्थापित करना होगा

दो दिवसीय चले इस प्रतियोगिता में राज्य भर से तेरह टीमों ने हिस्सा लिया जिसमें तीन सौ दस खिलाड़ी उनचास रेफ्री और जज थे

भारत ने अब तक खेले गए चार मैचों में एक भी मैच नहीं जीता है और वह ग्रप ई में चौथे स्थान पर है अगले दौर में पहुंचने की उम्मीद बरकरार रखने के लिए उसे ओमान को हराना होगा यह मैच रात साढ़े आठ बजे सुल्तान काब्रस स्पोर्टर्स कॉम्पलेक्स में खेला जायेगा टीम की कप्तानी सुनील क्षेत्री कर रहा हैं

आज का अधिकतम तापमान ईक्कीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान उन्नीस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटों के दौरान छह मिलीमीटर बारिश दर्ज कि गई